भाजपा ने दी सफाई

मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नोटबंदी को लेकर झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है एक निजी टेलीविजन चैनल को दिये गये साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है तथा अगले पांच वर्षो में आम लोगों के सपनों को साकार करने के लिए और कठिन परिश्रम करेगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मोदी ने विपक्ष पर लोगों से झठे वायदे करने और सांप्रदायिक एजेंडे पर चलने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अदालत से दोषी ठहराए गए लोगों से मिल रहे हैं लेकिन वे अलगाववादियों से कड़ाई से निपटना जारी रखेंगे श्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भोपाल संसदीय सीट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता खुद जमानत पर बाहर हैं हेमंत करकरे विवाद भोपाल से भाजपा प्रत्याषी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाक्र द्वारा शहीद आईपीएस अफसर हेमंत करकरे को लेकर दिये गए बयान ने तूल पकड़ लिया है इस बेयान पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिकिया दी है वहीं भाजपा ने इस बयान को प्रज्ञा का निजी बयान करार दिया है मुख्यमंत्री कमल नाथ ने टवीट किया कि जिन लोगों ने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने देश की रक्षा के लिये शहादत दी है सीने पर गोलियाँ खायी है उनकी शहादत का अपमान करने का हक देश में किसी को नहीं है मुख्यमंत्री ने लिखा कि एक तरफ आतंकवाद व शहीदों के नाम का अपने राजनैतिक फायदे के लिये उपयोग और दूसरी ओर ऐसे बयान यह दोहरा चरित्र नहीं चलेगा इस पर सफाई देते हए भाजपा ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि स्व श्री हेमंत करकरे को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को अमानवीय अत्याचारों से उपजी भाव्कता में दिया गया वक्तव्य ही समझना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बेहद संगीन अत्याचार हुए हैं वह मौत के मुंह से निकल आई है भारतीय जनता पार्टी का मत बहत स्पष्ट है कि जो लोग देश के लिए शहीद होते हैं उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाना हमारा राष्ट्र धर्म है स्व करकरे आतंकवादियों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में मतदान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेषभर में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं

वहीं बैतूल में सामान्य प्रेक्षक ने कलेक्टर एवं एसपी के साथ मिलकर निर्वाचन संबंधी तैयारियों की स्थिति की जानकारी ली वहीं डिंडौरी निर्वाचन अधिकारी सुरभि गुप्ता ने कहा कि जिले में लोकसभा चुनाव कार्य स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराया जायेगा वहीं रीवा में दिव्यांग मतदाताओं की शत प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये कमिश्नर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई है

इसको लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा भी अपने स्तर पर पुख्ता तैयारियां की जा रही है

हादसे में किसी तरह की जनहानि की कोई खबर नहीं है

ब्यौरे की प्रतीक्षा है

किसानों के खातों में सोसायटी सीधे भुगतान कर रही हैं अब तक सोसायटी के पास सभी किसानों का भुगतान करने के लिये राशि उपलब्ध है हर उपार्जन केन्द्र पर बारदानों की पूरी व्यवस्था है

परिवहन की गति बढाई जा रही है नामांकन भोपाल से कांग्रेस प्रत्याषी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज अपना नामांकन जमा करेंगे

वहीं केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कल अनूपपुर विधानसभा के पसान में पार्टी प्रत्याशी हिमाद्री सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे इसके बाद वे नागौद में गणेश सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे सिंगरौली में भी वे सभाएं करेंगे कल ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान जबलपुर में सभा करेंगे

वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ सिवनी छिन्दवाड़ा जिले में जनसभाएं करेंगे

षिकायत में कहा गया है कि जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आमसभा हेत् अनुमति नहीं दी जा रही है

उक्त स्थान पर सभा आयोजित करने हेतु चिन्हित भी किया गया है जहां पूर्व में बडी सभाएं होती आ रही है शहीद स्मारक मैदान चारों तरफ से खुला हुआ है एवं उचित संख्या में श्रोतागण के बैठने की समुचित व्यवस्था है लेकिन यहां आमसभा की अनुमति नहीं दी जा रही है षिकायत में कहा गया है कि मुख्य सचिव मप्र शासन द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा है

उन्होंने अधिकारियों को गेहूं उपार्जन व्यवस्था पर सतत् निगरानी रखने के निर्देश दिए

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया ने मांग की है कि श्री मिश्रा का स्थानांतरण अन्यत्र किया जाए